मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने बताया कि इस योजना में केन्द्र सरकार इस वर्ष पहली अक्टूबर के बाद से नए पात्र कर्मचारियों के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराएगी उन्होंने कहा कि यह सब्सिडी आधार से जुडे ईपीएफओ खातों पर लागू होगी

संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या दो लाख के करीब पहुंच गई है

राजधानी जयपुर में एक बार फिर संक्रमण के मामलों में जबरदस्त बढोतरी हुई है

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के कोविड संक्रमण की प्रष्टि हुई है उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी देकर अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से होम क्वारंटीन होने तथा खूद की जांच कराने की अपील की है प्रदेश के जाने माने मूर्तिकार और पद्श्री अर्जुन प्रजापति का आज जयपुर में निधन हो गया वे कोरोना से पीड़ित होने के चलते कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे उनका जन्म जयपूर के रोजदा गांव में हुआ था अपने रूपवादी मूर्ति शिल्पों के दम पर उन्होंने कला जगत में अपनी गहरी पैठ जमाई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री प्रजापति के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने भी अर्जुन प्रजापति के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और सेरम इंस्टीट्वूट ऑफ इंडिया एसआईआई ने इसकी जानकारी दी है आईसीएमआर कोविशील्ड वैक्सीन के लिए चल रहे परीक्षण में सहायता और धनराशि उपलब्ध करा रहा है

इसी क्रम में आज नवलसागर तालाब में कोरोना से बचाव के संदेशों के साथ दीपदान किया जायेगा सवाईमाघोपुर जिले में कोरोना जागरुकता जन आंदोलन के तहत त्यौहारी सीजन को देखते हुए लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय समझाने के प्रयास लगातार जारी हैं नगर परिषद तथा स्वयंसेवी संगठनों की ओर से बाजारों में दुकानदार और ग्राहकों को निशुल्क मास्क वितरित किए गए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

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है श्री गहलोत ने आज टवीट के जरिये जनता को संदेश दिया कि हमारे कृछ साथियों ने पटाखों और आतिशबाजी पर रोक के निर्णय की आलोचना की परन्तु इसका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है

निर्भया स्क्वॉड की नोडल अधिकारी सुनीता मीणा ने बताया कि दीपावली खुशियों का त्यौहार है इसलिए कोरोना की एडवाइजरी को देखते हुए इस बार ग्रीन दीपावली मनाएं

संस्थान के निदेशक प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान आयुष मंत्रालय के अंतर्गत देश का पहला संस्थान है जिसे मानद विश्वविद्यालय की उपाधि दी जाएगी

ट्रैक खाली होने के बाद रेलवे ने रेल मार्ग को दुरस्त करने का काम शुरू कर दिया है उधर करौली जिले में आज रोडवेज प्रबंधन ने करौली हिण्डौन मार्ग ेपर बसों का संचालन शुरू कर दिया है सवाई माधोपुर जिले में भी गूर्जर समाज के लोगों की ओर से कृशाली दर्रा में लगाया गया जाम आज हटा लिया गया इसके साथ ही टोंक चिरगांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू हो गया

राज्य में अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य औसत से कम हो गया है